प्रदेश के अध्यापकों को मिलेगा सातवां वेतनमान आदेश जारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज लोगो के साथ अपने विचार साझा करेंगे

यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है आज के दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपंति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को दीपावली की श्भकामनाएं दी हैं श्री कोविंद ने कहा कि यह त्यौाहार निराशा पर आशा की और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है इस अवसर पर उन्होंने लोगों से वंचितों और उपेक्षितों के जीवन को भी प्रेम और खुशियों से भरने की अपील की है उपराष्ट्रपति ने कहा है कि प्रकाशोत्सव दर्शाता है कि अंततः सत्य और नैतिकता की ही विजय होती है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रदेशवासियों को दीपोत्सव की बधाई दी है श्री टंडन ने अपने शुभकामना संदेश में दीपावली को गौरवशाली परम्परा के मुताबिक मनाने की अपील की है वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के जीवन में खुशहाली और प्रदेश की समुद्धि की कामना की जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा गृहमंत्री बालाबच्चन ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह और लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी प्रदेशवासियों को दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं दी हैं

उन्होंने लोगों से अपने घर के साथ साथ आस पास भी सफाई की अपील की संस्कृति मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव आदिमजाति कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम और अल्प संख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील सहित मंत्रीपरिषद के सभी सदस्यों ने ज्योति पर्व की शुभकामनाएं दी दीपावली पर बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी लोगों ने दीपोत्सव को पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी की है उधर सतना जिले के चित्रकूट में आकर्षक मेले का आयोजन किया जा रहा है इस मेले में खासतौर से आटे से तैयार दीपक उपलब्ध हैं जो दीपदान के कृछ देर बाद पानी में घूल जाते हैं और मछलियों का भोजन बन जाते हैं वहीं मुरैना और विदिशा के मुक्तिधामों में बीती रात नरक चतुर्दशी पर लोगों ने अपने परिजनों की याद में दीये जलाए उज्जैन भिण्ड धार निवाड़ी ग्वालियर और रायसेन सहित विभिन्न जिलों से दीपावली को लेकर समाचार मिले हैं

अध्यापकों को यह बढ़ा हुआ वेतन अक्टूबर के वेतन से ही लागू कर दिया गया है राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सातवां वेतनमान देने की घोषणा की इससे अध्यापकों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन का फायदा होगा

सात विषयों के लिये हुई इस परीक्षा में करीब ढाई लाख उम्मीद्वार शामिल हुए थे

कार्यक्रम दिन के ग्यारह बजे प्रसारित होगा

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा

यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सुचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन के यू ट्यूब चैनल से भी लाइव प्रसारित किया जाएगा

शपथ समारोह चंडीगढ़ में हरियाणा राजभवन में दोपहर बाद होगा राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया श्री आर्य ने मनोहर लाल और भावी उपमुख्यमंत्री जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला को शपथ समारोह के लिए बुलाया है

अच्छी खबरमें आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है

अकादमी के सचिव डॉ हिसामउद्दीन फारूकी ने बताया कि सेमिनार उर्दू नज्म और ग़ज़ल विषय पर आमंत्रित आलेखों पर आधारित होगा महफिल ए मौसिकी में तापसी नागराज उर्दू की मशहूर नज्मों और गज़लों की संगीतमय प्रस्तुति देंगी

बैडमिंटन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी फ्रेंच ओपन के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है फाइनल में इस जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की शीर्ष वरीयता प्राप्ता जोड़ी मार्कस गिडोन और केविन सुकामुल्जोन से होगा

इस पहल की कलेक्टर प्रियंका दास ने सराहना की है